राष्ट्रपति ने आज जोधपूर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए

इस उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय को अनेक मुख्य न्यायाधीश दिए हैं

समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वास जताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अभूतपूर्व काम होगा उन्होंने कहा कि समय पर न्याय देने और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कानूनी प्रकिया में नये तरीकों को शामिल करने की जरूरत है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बडी संख्या में खाली पदों पर चिंता जताई प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि न्याय कभी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए

राष्ट्रपति ने जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देश के लोगों खासकर दूरदराज के लोगों को उपलब्ध होने चाहिए उन्होंने कहा कि कम कीमत पर रोगों की पहचान किए जाने उनके इलाज और पुनर्वास सेवाओं को विकसित करने की जरूरत है

समारोह में मुख्यमंत्री अर्शोक गहलोत ने कहा कि सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए कृत संकल्य है उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार नयी योजना लागू करने जा रही है इस मौके पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि एम्स जोधपुर में बहुत कम समय में बडी उपलब्धि हासिल की है जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है

जीएसटी व्यवस्था लागू किये जाने के बाद पहली बार करदाता परामर्श आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विशेषज्ञों ने इनमें हिस्सा लिया जयपुर में भी जीएसटी और उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य आयुक्त जीएसटी राकेश कुमार शर्मा ने जीएसटी के नये परिदृश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी इसी तरह के कार्यकम संभाग और रेंज कार्यालयों में आयोजित किए गए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और उनके परिवार को नमन करते हुए बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने आज पुणे में सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष की शुरूआत भी की इस अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ये दिन शहीदों को याद करने और उनके परिजनों के प्रति दायित्व पूरा करने की याद दिलाता है

वे झुंझुनू के गांव हरड़िया की ढाणी ढहरवाला के रहने वाले थे

ट्रोमा सेंटर बनने से रामदेवरा मेले के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जल्दी ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी